झारखंड के पलामू जिले में कोयल मण्डल बांध की आधारशिला रखने के अवसर पर आयोजित समारोह में आज उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे किसानों की ऋण माफी के नाम पर झूठ बोल रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराने में पिछली सरकार के मुकाबले पांच गुना तेजी से कार्य कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करीब दस हजार लोगों का रोजाना मुफ्त इलाज किया जा रहा है

मुख्यमंत्री ने दिगम्बर अनी अखाड़ा में पूजन अर्चन के बाद धर्म ध्वजा फहराया और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना भी की इस अवसर पर उनके साथ रामानन्दाचार्य अखाड़ा परिशद के अध्यक्ष नरेन्द्र गिरि नगर विकास मंत्री सुरेष खन्ना स्वास्थ्य मंत्री सिद्दार्थनाथ सिंह और उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजद रहे

कर्नल राठौड़ कल दिल्ली पुलिस के परिवार कल्याण सोसायटी मिशन ओलंपिक्स स्पोर्ट्स मीट के समापन अवसर पर विचार व्यक्त कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार देश में खेल संस्कृ ति को बढ़ावा देने के लिये कई कदम उठा रही है

सी बी आई सुत्रों ने आकाशवाणी को बताया कि ये छापे जालौन हमीरपुर लखनऊ कानपुर और दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर मारे गये

अवैध खनन ने राज्य मे सरकारी खजाने को बड़ा आर्थिक नुकसान पहंचाया है यह छापे प्रदेश में हमीमपुर और जालन के अलावा अन्य स्थानों पर भी मारे गये आकांशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से मैं मुलतान सिंह यादव

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नौ दिन तक चलने वाले इस वार्षिक मेले का उदघाटन करते हुए कहा कि ऑडियो बुक्स और ई बुक्स जैसे नये रूपों में पुस्तकों के उपलब्ध होने के बावजूद किताबों की लोकप्रियता कम नहीं हुई है उन्होंने कहा कि भारतीयों में पढ़ने की आदत बनी हुई है और लगातार बढ़ती जा रही है इस वर्ष के पुस्तक मेले का मुख्य विषय है दिव्यांग पाठकों की विशेष आवश्यकताएं मेले में महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलक्ष्य में बापू द्वारा और उन पर लिखी गई पुस्तकों की विशेष प्रदर्शनी लगाई गयी है छः सौ से अधिक प्रकाशक अपनी पुस्तकें प्रदर्शित कर रहे हैं इसके लिए एक हजार तीन सौ पचास से अधिक स्टॉल बनाए गए हैं बीस से अधिक देश मेले में भाग ले रहे हैं आकाशवाणी मेले का रेडियो पार्टनर है

आज मेरठ के जानी ब्लाक में प्रषिक्षण और सेवायोजन निदेषालय की तरफ़ से आयोजित रोजगार मेले को सम्बोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराया है निजी कम्पनियां गाँव गाँव रोजगार मेलों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोज़गार दे रही है

पष्विमी उत्तर प्रदेष के कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम है गोरखपुर सहित विभिन्न पूर्वी जिलों में आसमान में बादल छाये हये है मौसम विभाग ने आने वाले दो तीन दिनों में आसमान में बादल छाये रहने के साथ कोहरा पड़ने का अनुमान जताया है इस बीच कड़ाके की ठंड और षीतलहर को देखते हुये राज्य के विभिन्न जिलों में सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गयी है बेघर और बेसहारा गरीब लोगों को कम्बल बांटे जा रहे हैं ठण्ड को देखते हुए प्रदेष के कई जिलों में कक्षा आठ तक के विद्यालयों को जिला प्रषासन ने दस बजे से पहले न खोले जाने का निर्देष जारी किया है